शिवराज जनआशीर्वाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश का कोई भी गरीब अब झोपड़ी में नहीं रहेगा भाजपा सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी गरीबों को पक्का मकान बनाकर देगी श्री चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा आज उमरिया पहंची जिला मुख्यालय स्थित अमर शहीद स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हये उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हये कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में गरीबों का शोषण हुआ है भाजपा सरकार गरीबों के विकास के लिये अनेक योजनायें चला रही है श्री चौहान ने कहा कि अब प्रदेश में कोई भी घर बिना बिजली के नहीं होगा गरीबों को निशुल्क बिजली कनेक्शन दिये जा रहे है मुख्यमंत्री ने उमरिया में वनोपज आधारित उद्योग लगाने की भी बात कही प्याज बिक्री राज्य मंत्रिपरिषद ने भावान्तर भुगतान योजना के स्थान पर प्याज और लहसुन के लिये कृषक समृद्धि योजना में प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है राज्य सरकार ने प्याज के लिये चार सौ रूपये प्रति क्विटल और लहसुन के लिये आठ सौ रूपये प्रति क्विटल प्रोत्साहन राशि किसानों के बैंक खातों में जमा कराने का निर्णय लिया है वर्तमान में मंडियों में प्याज का औसत विक्रय मूल्य राज्य सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से अधिक है इस वजह से प्याज पर अभी अगस्त के महीने में मंडी में खरीदी या बिक्री पर कोई प्रोत्साहन या भावान्तर राशि नहीं दी जायेगी

सम्मेलन के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रि परिषद के सदस्य होंगे विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीतासरण शर्मा होशंगाबाद में आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के बुधनी में आयोजित सम्मेलन में भाग लेंगे जबकि मंत्री जयंत मलैया दमोह गोपाल भार्गव सागर गोरीशंकर शेजवार रायसेन डॉ नरोत्तम मिश्र दतिया उमाशंकर गुप्ता भोपाल अर्चना चिटनिस बुरहानपुर यशोधराराजे सिंधिया शिवपुरी और जयभान सिंह पवैया ग्वालियर में आयोजित सम्मेलन में भाग लेंगे धार में इस सम्मेलन का शुभारंभ पशुपालन मंत्री अंतर सिंह आर्य करेंगे आगरमालवा जिले में स्वरोजगार सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण और लिंगानुपात को बढ़ाने के मकसद से चलाये जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के मध्यप्रदेश के ग्वालियर ज़िले में भी सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं ग्वालियर ज़िले की विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली कुछ ऐसी प्रतिभाशाली बालिकाओं को ज़िला प्रशासन ने ब्रांड एंबेस्डर बनाया है जिन्होंने प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्वालियर का नाम रोशन किया है

इसके लिए भोपाल में नेशनल कांफ्रेंस का आयोजन कल किया जाएगा यह कॉन्फ्रेंस ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के एनआईआर डीए द्वारा आयोजित की जा रही है

कान्फ्रेंस में सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली मध्यप्रदेश एनआईसी भोपाल के सीनियर टेक्नीकल डायरेक्टर विवेक चितले और उनकी टीम प्रजेन्टेशन देगी

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने की पहल कांग्रेस को करनी चाहिये वे आज भोपाल के गांधी भवन में राज्य स्तरीय लोक क्रांति सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे सम्मेलन के संयोजक गोविन्द यादव ने कहा कि हमारा संविधान दलित आदिवासी वंचितों और शोषित वर्गों के लिये गीता कुरान से कम नहीं है कार्यक्रम में सांसद अली अनवर वरिष्ठ नेता फूलसिंह बरैया अरूण श्रीवास्तव बादल सरोज सहित कई नेता मौजूद थे

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह ने बताया है कि अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निगम नगर पालिका परिषद और नगर परिषद को अलग से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्कृत किया जायेगा

प्रथम चरण में प्रातरूकालीन गतिविधियों में वार्ड स्तर पर श्रममूलक कार्य कराये जायेंगे जिसमें जन सामान्य और जन प्रतिनिधियों को जोड़कर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा दूसरे चरण में विचार गोष्ठी और कैंप आयोजित कर स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने और व्यवहार परिवर्तन के लिये प्रचार प्रसार किया जायेगा वहीं तीसरे चरण में दिन भर की सभी गतिविधियों की जानकारी संचालनालय को देनी होगी

आवेदन के लिए विद्यार्थियों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करना होगा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं से आवेदन केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किए जाएँगे जीवन ज्योति प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का फायदा प्रदेश के हितग्राहियों को भी मिल रहा है मध्यप्रदेश के खंडवा की रहने वाली मंजूषा देशमुख के पति के निधन सड़क हादसे में हो गया था जिसके बाद उन्हें दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि मिली है

पुलिस सूत्रों के अनुसार जावर पुलिस थाने के हवालात में बंद छह आरोपी कल देर रात पुलिस को बंद कर भाग गए

देवास जिले के यह सभी आरोपी चोरी के मामले में पूछताछ के लिए बंद किये गये थे मौसम प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ने से बारिश का दौर थम गया है उत्तरी मध्यप्रदेश को छोड़कर अन्य स्थानों पर गर्मी और उमस बढ़ गई है मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन चार दिन मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है प्रदेश में इस साल मॉनसून में अभी तक नौ जिलों में सामान्य से बीस प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है वहीं छत्तीस जिले ऐसे है जहां सामान्य वर्षा हुई है कम बारिश वाले जिलों की संख्या छः है